प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के सम्मान मे सौ रूपये का स्मारक सिक्का जारी किया अटल जी के राजनैतिक व्यक्तित्व को याद करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल का लम्बा हिस्सा विपक्ष में रह कर बीता पर उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित की बात की और कभी समझौता नहीं किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी निष्ठावान थे जिन्हे समाज के सभी वर्गो का सम्मान और स्नेह प्राप्त था वक्ता के रूप में वे अदवितीय थे उनका जीवन भावी पीढ़ी को प्ररेणा देगा इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन वित्तमंत्री अरूण जेटली वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी उपस्थित थे वित्तमंत्री अरूण जेटली ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी पर सरकार की आलोचना करने के लिए कांग्रेस की निंदा की है

उन्होंने कहा कि प्रदेश कर खत्म होने से अंर्तराज्यीय व्यवधान खत्म हआ है जिसमें शहरों के बीच माल की आवाजाही ख्ल गयी है हरियाणा के कल आयोजित हुई प्लिस भर्ती की परीक्षा में पैसे लेकर परीक्षा पास करवाने वाले के चार सदस्यों को सोनीपत पुलिस ने गिरफतार किया है सोनीपत से हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमे तीन सरकारी कर्मचारी व एक अन्य व्यक्ति शामिल है चारों आरोपियों को जिला अदालत में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है प्लिसस को शक है कि इनके तार बड़े स्तर पर जुड़े हो सकते है जो लाखों रूपये लेकर परीक्षा पास कराने की गांरटी दे रहे थे हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से खेतों को जाने वाले रास्तों को पक्का करने की योजना बनाई है

शेष राशि चरणबदव तरीके से उपलब्ध कराई जायेगी

हरियाणा सरकार व केन्द्र सरकार से इस बाबत मंज्री मिल गई है

आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन का उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन की महता को दर्शाना तथा हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करना है

इस वर्ष का विषय है समय पर उपभोक्ताओं की शिकायतों की समाधान यम्नानगर में आज जिला खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक स्रेन्द्र सिह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया जिसमें उपभोक्ताओं को उसके अधिकारों को प्रति जागरूक किया गया और लोगों का आहवान किया गया वे वस्तुओं की गुणवता देखकर ही उन्हें खरीदने की शपथ लें

इस भयानक हादसे में छ महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हाइवे पर लगे दो किलोमीटर लंबे जाम में स्कूल बसें कारें एसयूवीस सभी टकरा गई द्र्घटना में मारे गये सभी आठ लोग झज्जर जिले के किरडौध गांव के थे और वे नफजगढ़ जा रहे थे पुलिस व सिविल प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया था हमारे संवाददाता के अन्सार सभी घायल अस्पताल में उपचाराधीन है और पांच को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ सिविल अस्पताल झज्जर पहंचे और उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये व घायलों को एक एक लाख रूपये देने की घोषणा की हरियाणा प्रलिस की स्पैशल टास्क फोर्स की हिसार टीम ने ग्रूग्राम के सिकंदर मेट्रो स्टेशन के पास एक नाइजीरियन को तीन किलो दो सौ ग्राम हेरोइन समेत गिर फ्तार किया है

पुलिस प्रवक्ता के अनुसर अपराधी की पहचान तराऔर अहमद के रूप में हई जो वर्तमान मे दिल्ली में किराये पर रहता था प्रवक्ता ने बताया कि एसटी एफ की हिसार टीम वांछित अपराधियों की तलाश मे ग्रूग्राम आई थी नाइजीरिया निवासी को शक के आधार पर रोका गया और उसकी स्कूटी में यह हेरोइन बरामद हई

उन्होंने इस मौके पर एक विशेष वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो रतिया क्षेत्र में नर्शे के तंत्र को धवस्त करेगा

उन्होंने विभागीय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर यातायात के नियमों की जानकारी के लिए तथा नशे के दृष्प्रभाव के बारे में जनता को जागरूक करें

इन तीनों आरोपियों को फतेहाबाद के गांव मेहवाला के समीप सरवप्र रोड से गिरफ्तार किया गया

फतेहाबद के डीएसपी उमेद सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी सिरसा जिले के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं तीनों ने पूछताछ में बताया कि ये नशे के आदी हैं प्लिस अधिकारी ने बताया कि तीनों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है पंजाब हरियाणा में ठंड का प्रकोप बदस्त्र जारी है

मौसम विभाग के अन्सार ठंड आने वाले दिनों में इसी तरह जारी रहेगी हमारे भिवानी संवाददाता के अन्सार दक्षिण हरियाणा में भी पिछले चार दिनों से शीत लहर जारी है